राज्यपाल ने किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर जुटाने के लिए औषधीय पौधे सीबकथार्न की पैदावार पर दिया बल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित शिमला व कांगड़ा प्रवास को लेकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में हजारों महिलाओं ने नाटी डालकर नारी गरिमा का दिया संदेश सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के दो दिवसीय दौरे के दौरान आज पांवटा साहिब और शिलाई में विभिन्न विकास योजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए इस दौरान उन्होंने शिलाई में एक जनसभा में कहा कि सरकार इस विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवायेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का मामला केंद्र से उठाया गया है इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिलाई में आईपीएच मंडल और रोनहाट में उपमंडल खोलने के अलावा नागरिक अस्पताल को स्तरोन्नत करने की घोषणा की उन्होंने इलाके की सुविधा के लिए शिलाई में अग्निशमन पोस्ट का भी शुभारम्भ किया इस अवसर पर सांसद वीरेंद्र कश्यप विधायक सुरेश कश्यप राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव सिंह तोमर और राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे उच्चतम न्यायालय पटाखे उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश में कम प्रद्षण वाले पटाखों के उत्पादन और बिक्री को आज मंजूरी दे दी शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाये जा सकेंगे न्यायालय ने निर्धारित सीमा से अधिक प्रदूषण वाले पटाखों की ऑन लाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाली ई कॉमर्स कंपनियों की वेब साइट पर अवमानना की कार्रवाई की जायेगी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 राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर जुटाने के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में औषधीय पौध सी बकथार्न की पैदावार को बढ़ावा दिया जाएगा शिमला में आयोजित आज एक राष्ट्रीय सेमीनार में उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पिति और किन्नौर सहित कुल्लू व मण्डी के उपरी क्षेत्रों में किसानों को सी बकथार्न के पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा राज्यपाल ने कहा कि सी बकथार्न की पैदावार के बारे में चीन व पड़ौसी क्षेत्रों लेह व लदाख से सीख लेनी चाहिए राज्यपाल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से विभाग की भूमि पर सी बकथार्न के पेड़ लगाने की कार्य विधि तैयार की जाएगी सीबकथार्न विटामिन ए और सी का मुख्य स्रोत होने के अलावा एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कहा है कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा के माध्यम से पंचायतों की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है आज धर्मशाला में हुई समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लिए स्वीकृत धनराशि का सद्पयोग जल्द किया जाना चाहिए भ्रष्टाचार के मामले पर दो सीबीआई अधिकारियों की संलिप्तता पर शांता कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाशत नहीं किया जाएगा और ये इसका एक उदाहरण है

भाजपा बैठक शिमला भाजपा मण्डल की दो दिवसीय बैठक आज मण्डल अध्यक्ष प्रदीप कश्यप की अध्यक्ष्ता में शिमला में हुई बैठक के पहले सत्र में पिछली कार्यवाही की समीक्षा करने के अलावा आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई

बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी विचार व्यक्त किए

इसी संबंध में मुख्य सचिव वीके अग्रवाल ने आज शिमला में सभी संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रपति को दौरे को देखते हुए टांडा मैडिकल कॉलेज और प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के दीक्षांत समारोह को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अग्रवाल ने कहा कि सभी अधिकारी ब्लू बुक के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें

दशहरा नाटी कुल्लू में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है उत्सव के आज पांचवें दिन रथ मैदान में महिलाओं ने नारी गरिमा थीम पर आधारित सामूहिक महानाटी का आयोजन किया

इस महानाटी में जिले भर की लोकगीतों व पारम्परिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर कुल्लवी नाटी डाली महिलाओं ने इस नाटी को प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण और महिलाओं के सम्मान में जागरूकता लाने को लेकर महत्वपूर्ण बताया

अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में चल रहे इन आयोजनों से सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का संदेश देने के अलावा प्रदेश की प्राचीन संस्कृति को बचाए रखने में भी मदद मिलेगी कुल्लू से आशीष शर्मा के साथ मैं संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला

जागरूकता नेहरू युवा केन्द्र सोलन द्वारा युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए आज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक अभित ठाकुर ने युवाओं से नशे के सेवन से दूर रहने और इसका व्यापार करने वाले लोगों को पकड़ने में पूलिस की मदद करने का आहवान किया

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम साफ बना हुआ है मगर सुबह शाम ठंड में वृद्धि हो रही है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में भी अक्तूबर माह में दो बार हुई बर्फबारी से सर्दी ने समय से पहले दस्तक दे दी है

इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में दिन के समय अच्छी धूप निकलने से मौसम खुशगवार बना रहा जिसका स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों ने खूब आंनद लिया